वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुने उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई प्रहलाद जोशी ने कहा कि सांसदों को नई सरकार की योजनाओं के बारे में अपने क्षेत्र के लोगों को जागरुक करने को कहा गया बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए ईस्ट सियांग जिले के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधायकों ने आज विकास परियोजनाओं को लेकर पासीघाट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी चर्चा की दलगत राजनीति से हटकर विधायक कालिंग मोयोंग निनोंग ईरिंग लम्बो तायेंग और जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया जिला उपायुक्त किन्नी सिंह भी बैठक में उपस्थित थी केंद्रीय पेय जल और स्वच्छता विभाग द्वारा आज राजधानी ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में स्वच्छ महोत्सव दो हजार उन्नीस मनाया गया इस अवसर पर राज्य के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग विभाग के आला अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे प्रदेश को खुल में शौच से मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कर्मियों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों को सम्मानित किया गया अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि ओडीएफ स्टेट के दर्जे को बरकरार रखने के लिए स्वच्छता की मुहिम को लगातार जारी रखना होगा उन्होंने कहा कि इसमें पंचायत से लेकर गांव और राज्य स्तर के संगठनों तथा स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि भारत्तोलन में भारत के पास चीन और कोरिया का मुकाबला करने की पूरी क्षमता है नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि अगले तीन से पांच वर्षों में इस खेल में भारत की स्थिति और मजबूत हो जायेगी उन्होंने खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया खेलमंत्री ने सामाओ में राष्ट्रमंडल भारत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की भारत ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था विजेताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत्तोलन में खिलाड़ियों का उज्ज्वल भविष्य है राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने नाहरलगुन स्थिति हेलिपैड के पास कल कथित रुप से गैरकानूनी रुप से भवन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त जिला उपायुक्त तालोह पोतोम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए लोगों से निर्माण कार्य से पहले जिला प्रशासन से मंजूरी लेने की अपील की उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से बिना अनुमति के भवनों का निर्माण से समस्याओं का सामना करना पड़ता है केंद्र सरकार ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास व्यापक रुप से किया जा रहा है इनमें सड़कों रेललाइनों और सुरंगो का निर्माण शामिल है इससे हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित होगा और सीमा के आसपास रक्षा तैयारियों में मदद मिलेगी कल राज्य सभा में लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि इसके लिए सीमा सड़क संगठन की पांच वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है

उन्होंने कहा कि पचपन विमानों का नवीनीकरण किया गया है इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन विमानों का उन्नयन नहीं हुआ है वे काम नहीं कर रहे है

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है राज्य के तैतीस जिलों में से तीस जिले बाढ़ के पानी में डूब गए है जिससे लगभग तैतालीस लाख लोग प्रभावित हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार लोगों की मौत के बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या पंद्रह हो गई है काजीरंगा नेशनल पार्क का नब्बे प्रतिशत हिस्सा जलमग्न हो गया है विभिन्न संस्थाओं द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नलबाड़ी बारपेटा जिले का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्होंने राज्य को हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया आगामी दस सितंबर से तीस सितंबर तक ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी पहली बार अरुणाचल प्रदेश में इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर कल ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त सभागार में अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एशोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई इस बैठक में विभागीय अधिकारियों भी मौजूद थे इस अवसर पर राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के ठहरने खान पान स्वास्थ्य सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई